हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने प्रवासी मज़द्रों को राहत शिविरों में भोजन और दवा सहित आवश्यक वसत्यें उपलबध करवाने के निर्देश दिये है

चार अप्रैल तक और तीन लाख उपकरण विदेशों से आ रहे है

इसके अलावा और स्वदेशी कंपनियां सक्षम हो जायेगी और पांच लाख स्रक्षा उपकरणों के आर्डर दिये जा रहे है मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से सिंगाप्र की एक कंपनी को दस लाख स्रक्षा किटों का आर्डर दिया गया है जिसकी आपूर्ति जल्द श्रू हो जायेंगा

हरियाणा की मुख्यसचिव श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा उत्तरप्रदेश बिहार और उड़ीसा के प्रवासी मज़दूरों की सूची सम्बधित उपाय्क्तों को सौंपी गई है और उन्हें अपने जिलों में स्थापित किये गये राहत शिविररों में ऐसे सभी मज़दुरों से सम्पर्क कर भोजन और दवा सहित अन्य आवश्यक वस्त्यें उपलब्ध करवाने को कहा गया है उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों को प्रवासी मज़दुरों का न राहत शिविरों से बाहर ने जाना स्निश्चित करने को कहा गया है म्ख्य सचिव ने आज चंडीगढ़ में संकट तालमेल समिति की बैठक के बाद यह जानकारी दी है

उन्होंने अधिकारियों को विदेशों से लौटने वाले उन लोगों का भी पता लगाने के काम में तेज़ी लने को कहा कि जो लापता है मुख्यसचिव ने बताया कि मेडिकल कालेजों को आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए और अधिकार दिये गये है

उधर राज्य सरकार के निदेशान्सार रेवाड़ी के जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने जिला में मकान मालिकों को अपने अपने किरायेदारों से एक माह का किराया न लेंने और मकान खाली न करवाने को कहा है जिला में काफी संख्या में छात्र श्रमिक मजदूर आदि किराये पर रह रहे हैं केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सभी बैंक यह स्निश्चित कर रहे है उनकी शाखायें ख्ली रहें और एटीएम नकदी से भरे जा रहे है एक टवीट में उन्होंने कहा कि बैंको का कामकाज जारी है वित्तमंत्री ने कहा कि सामाजिक दूरी का खास ख्याल रखा जाता है और सैनेटाइज़र म्हैया करवाये गये है भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों भारत पेट्रोलियम हिन्दोस्तान पेट्रोलियम और इंडिन आयॅल ने रसोई गैस की आपूर्ति करने वाले किसी भी व्यक्ति की कोरोना वायरस के कारण मौत होने की सूरत में पांच लाख रूपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि ये मानवीय निर्णय इनकी सेवाओं की स्रक्षा को देखते हये लिया गया है श्री प्रधान ने कहा कि हमारे वर्करों की स्वस्थ्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है

आज फरीदबाद में एक ओर व्यक्ति की नमूनों की रिपोर्ट पोजिटिव आई है

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्प्ता ने विदेश से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अस्पताल में जकार अपनी जांच करवाने को कहा है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आज कैनेडा के रहने वाले वासनिक भारतीय दम्पति की रिपोर्ट पोजिटिव आई है

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रण्दीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि कोरोना वायरस से जंग में सभी हरियाण्वी एकज्ट है और सरकार द्वारा उठायें गये हर रचनात्मक कदम के साथ है

रोहतक से भारतीय जनता पार्टी कें सांसद डॉ अरविंद शर्मा ने आज उपायुक्त आर एस वर्मा और प्लिस अधीक्षक राहल शर्मा के साथ तालाबंदी के दौरान स्थिति की समीक्षा की बैठ के बाद डा शर्मा ने कहा कि मौजूदा समय मे प्रवासी मज़दूरों की समस्या है जिसका समाधान किया जा रहा है

अलग अलग स्थानों पर बनाये गए इन आश्रय स्थलों में करीब एक हजार आठ सौ अस्सी लोगों के रूकने की स्विधा उपलब्ध है

फरीदाबाद में आज द्कानों और एक प्ले स्कूल में आग लग गई हमारे संवाददाता ने बताया कि आग लगने से द्वकान में रखे तीन रसोई गैस के सिलेड़रों में भी विस्फोट हो गया दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी म्शक्त के बाद आग पर काबू पाया आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है